गांव के नंबरदार को मोबाइल के साथ आय्ष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा

आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है यह दिवस हर साल लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे जागरूक करने के उददेश्य से मनाया जाता है

पंचकूला में मीडिया से बातचीत में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध निदेशक अमनीत पी क्मार ने बतायाकि आज पंचक्ला के नागरिक अस्पताल साहित प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में लोगों को कैंसर के लक्षणों के बारे जागरूक किया गया उन्होंने बताया कि लोगों को बताया कि पौष्ठिक आहार लेने व तनावम्क्त जीवन की जीने की जरूरत है

प्रबंध निदेशक ने बताया कि कैंसर क इलाज के लिये आने वाले चार हजार नौ सौ रोगियों को निशुल्क सेवायें म्हैया कराये कराये गये है अम्बाला में कैंसर की रोकथाम के लिये एक अस्पताल बन रहा है उन्होंने बताया कि हरियाणा के बनने वाले एम्स में भी कैंसर रोगियों के लिये अलग से युनिट बनाया जायेगा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव श्रीराजीव अरोड़ा ने विश्व कैंसर दिवस पर कहा है कि आज इस बीमारी का इलाज संभव है इसलिये सभी को इस ओर विशेष ध्यान देने तथा और अधिक जागरूक होने की जरूरत है जिसमें कैंसर का प्रांरभिक चरणों में पता लगाया जा सके उन्होनें कैंसर की रोकथाक के लिये अच्छी जीवन शैली अपनाने पौष्टिक आहार लेने तथा नियमित जांच कराने की अपील की श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां कैंसर पीडितों की एक सूची तैयार की गई है ताकि उन मरीज़ों को चिकित्सा स्विधायें मुहैया कराई जा सके

आज मंत्रिमंडल की चंडीगढ़ में हई बैठक में नंबरदार को मोबाइल के साथ साथ आय्ष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख तक का बीमा कवर देने का फैसला भी किया गया है नंबदार को मानदेय भी बढ़ाने की मंज्री दी गई है मंत्रिमंडल ने लंबे समय से की जा रही पटावारियों की अंर्त जिला स्थानातरण की मांग को भी मान लिया है इसके ईलावा हरियाणा लघ् सूक्ष्म व मध्य उदयोग नीति पर भी चर्चा चल रही है मंत्रिमंडल नीीत पर फैसला ले सकता है माइक्रो लघ् तथा मझौले उदयमों ने क्षेत्रीय असंत्रलन को कम करते हये देश भर में हो रहे समग्र विकास का समर्थन किया है

मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघ् उद्योग निगम भी विपणन वित प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं को शामिल करते हये एकीकृत सहायता सेवायें प्रदान करके एसएमएमईस को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन भी करता है प्रट्रोल की कीमतों में लगातार पांचवी बार आज कटौती की गई है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आर्यवैदिक औषधालय यम्नानगर के गांव कलेसर में और सोनीपत के आर्य नगर में खोला जा रहे है इसी प्रकार नारनौल के खोड़ा खारी की जाट धर्मशाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को साम्दायिक स्वास्थ्य केंद्र और यम्नानगर के ताहरप्र उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इन स्वास्थ्य संस्थानों में पदों के स़जन के लिए भी मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त की निय्क्ति के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि निय्क्ति के लिए योग्य उम्मीदवार की खोज और वैद्यानिक समिति को उसकी सिफारिश करने के लिए सरकार दवारा एक खोज समिति का गठन किया है इस कमेटी में राजस्व विभाग की अतिरिक्त म्ख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोडा वित्त विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद और हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डा बीके कुठियाला शामिल है उत्तरप्रदेश के प्रयागराज पर मौनी अमावस्या के मौके पर साध् संतों व श्रदवालुओं ने पवित्र स्नान किया कृंभ मेला अधिकारी विजय करन आनंद के अन्सार तीन बजे तक तीन करोड़ से अधिक श्रद्वाल् स्नान कर च्के थे और बड़ी संख्या में श्रद्वाल् सभी पहंच रहे थे आज स्नान करने वालों में कई सांसद व विधायक शामिल थे हरियाणा में भी आज मौनी अमावस्य पर श्रदवालूओं दवारा पवित्र तालाबों व नदियों में स्नान किया गया हमारे यम्नानगर संवाददाता के अन्सार प्राचीन पतालेश्वर मंदिर जगाधरी के श्री गोरी शंकर मंदिर व अमादलप्र के सूर्यक्ंड मंदिर सहित प्रदेश के कई मंदिरों में श्रद्वाल्ओं की भीड रही श्रद्वाल्ओं ने यम्ना नदी व सरस्वती सरोवर में स्नान व पूजा अर्चना की हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में कोहरा पड़ना जारी है मौसम विभाग के अन्सार आज स्बह भी कई जगह घनी ध्ंध छाई रही विभाग के प्रवक्ता के अन्सार दोनों राज्यों में मौसम अभी शृष्क् है पर शीत लहर अभी जारी है

सोनीपत जिले मे मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है